कांगड़ा जिला के योल छावनी क्षेत्र की अधिसुचना वापिस लेने काँआग्रह भी किया मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से नाहन के समीप बनोग से धरक्यारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जल्द जारी करने का अनुरोध किया केन्द्रीय रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि दोनों मामले उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हल कर लिए जाएंगे उन्होंने राज्य सरकार को सभी विकासात्मक कार्यो में हरसंभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया

इस उपलक्ष्य में महिलाओं के सम्मान में प्रदेशभर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुए समारोह में राज्य पुलिस ने महिला पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने की एक अनुठी पहल की

राज्यपाल ने महिला दिवस की बघाई देते हुए कहा कि इस दिन महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों और अन्याय की रोकथाम के लिए आम नागरिकों को जागरूक करने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है राज्यपाल ने पूलिस विशेष रूप से महिला पूलिस द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्वाओं के रूप में प्रदान की गई महत्वपूर्ण सेवाओं की भी सराहना की इससे पूर्व राज्यपाल ने परेड कमांडर सृष्टि पांडे के नेतृत्व में महिला पुलिस की ट्रकड़ियों द्वारा प्रस्तृत मार्च पास्ट की सलामी ली

उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण सराहनीय है प्रश्नकाल प्रदेश में जल जीवन भिशन के तहत यदि कहीं आधी अध्री पाइपें लगाई गई या फिर किसी को बांटी गई तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के रमेश धवाला के मुल और कांग्रेस के राम लाल ठाकर के अनुपूरक सवाल के जवाब में जलशक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकर ने ये बात कही उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर घर में नल पहचाया जाएगा और विमाग द्वारा घर तक पाइप लाइन बिछाई जाएगी

भारत सरकार ने इसके लिए इंसेंटिव दिया है

उन्होंने कहा कि डीपीआर बनने के बाद अब इसके टेंडर किए गए हैं और अब बाकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं तथा केंद्र से क्लीयरेंस मिलने के बाद आगे कार्य अवार्ड होगा महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि तीन वर्ष में फ्लड प्रोटेक्शन और फ्लड मैनेजमेंट की कई योजनाओं को केंद्र सरकार से उठाया है ॅउन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को छह परियोजनाओं का शैल्फ भेजा है जिनमें शिमला सिरमौर कांगड़ा जिलों की परियोजनाओं के अलावा सीर खड़ और स्वां चेनेलाइजेशन का मामला केंद्र के पास है